जहरीली शराब की घटना की जांच के लिए उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की सरकार बनाएगी ज्वाइंट कमेटीप्रदेश सरकार ने मृतकों के आश्रितों के लिए दो दो लाख रुपये की मदद की घोषणा की

राज्य सरकार फरवरी या मार्च में विंटर गेम्स कराने के लिए है तैयार

जबकि सिविल अस्पताल में चालीस लोगों का इलाज चल रहा है जिनमें से कुछ की हालत गंभीर बनी हई है गंभीर रूप से बीमार लोगों को हायर सेंटर ऋषिकेश भी भेजा जा रहा है जानकारी के मुताबिक सिविल अस्पताल में जहरीली शराब पीने से बीमार लोगों के आने का सिलसिला जारी है अस्पताल परिसर में परिजनों का तांता लगा हुआ है बीमार लोगों का हालचाल लेने के लिए कांग्रेस नेता हरीश रावत और प्रीतम सिंह भी सिविल अस्पताल पहुंचे इसके साथ ही जिले के आला अधिकारी भी अस्पताल पहुंचे रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और सीओ ने भी अस्पताल पहुंचकर लोगों से बातचीत की जिलाधिकारी दीपक रावत ने बताया कि जिले के प्राइवेट डॉक्टरों को भी इलाज के लिए सिविल अस्पताल बुलाया गया है उन्होंने बताया कि कच्ची शराब बनाने वालों की धर पकड़ के लिए संयुक्त टीम बनायी गई है जिन लोगों को पहले भी अवैध शराब बनाने के लिए पकड़ा गया है उन पर गुंडा एक्ट भी लगाया जाएगा

जिलाधिकारी ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद नमूने जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि ये पता चल सके कि कच्ची शराब में कौन सा केमिकल मिलाया गया था जिसकी वजह से ये मौते हुई

इस घटना की पड़ताल के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी ताकि मामले की तह तक पहुंचा जा सके

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी ऐसी घटनाएं भविष्य में न हो इसके लिए अधिकारियों को अलर्ट किया गया है

साथ ही एडीएम हरिद्वार की अध्यक्षता में जांच कमेटी बनाई गई है मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिये हैं कि अवैध शराब बिक्री से जुड़ा कोई भी मामला सामने आता है तो संबंधित क्षेत्र के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जायेगी वहीं आबकारी मंत्री प्रकाश पंत ने बताया कि उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के अधिकारी अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त अभियान चलायेंगे इस संबंध में प्रदेश के प्रमुख सचिव और सहारनपुर मंडल के मंडलायुक्त के बीच बातचीत हो गई है प्रदेश के सभी तेरह जिलों में अर्वेध शराब के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा स्लग सीएम बैठक मुख्यमंत्री ने अलकनंदा जल विद्युत परियोजना के निर्माण में हो रही देरी पर नाराजगी व्यक्त करते हुए जीवीके पावर एंड इफ्रास्ट्रक्चर को परियोजना का काम फरवरी के अंत तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं उन्होंने कहा कि अलकनंदा नदी आसपास के क्षेत्र के लोगों का एकमात्र जल स्रोत है उन्होंने सम्बंधित विभागों को आपसी सामंजस्य स्थापित कर न्यूनतम जलापूर्ति सुनिश्चित करने परियोजना के आसपास के क्षेत्रो में रोशनी सहित अन्य सुरक्षा व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने और परियोजना से प्रभावितों का बकाया भूगतान की कार्रवाई जल्द करने के निर्देश भी दिये

प्रधानमंत्री ने कहा कि नये भारत का निर्माण तभी संभव हो पाएगा जब देश के पूर्वोत्तर भागों में हर क्षेत्र में तेजी से विकास हो प्रधानमंत्री ने दूरदर्शन के डीडी अरुणप्रभा चैनल का भी शुभारंभ किया

उन्होंने अधिकारियों को इस योजना के आस पास पन चक्कियों का क्लस्टर बनाने के निर्देश हैं आज मुख्यमंत्री ने धनोल्टी विधानसभा क्षेत्र के टिहरी और देहरादून की सीमा पर स्थित सौंधना गांव में प्रस्तावित सौंग बांध पेयजल योजना का स्थलीय निरीक्षण किया यह योजना देहरादून शहर को पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई जा रही है इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि देहराद्न में तेजी से बढ़ती हई आबादी को देखते हुए इस योजना का निर्माण होना जरूरी है

साथ ही इस परियोजना से रिस्पना नदी में भी वर्षभर पानी रहेगा

स्लग सीएम समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने अधिकारियों को गंगा की स्वच्छता और निर्मलता के लिए किये गए कार्यों का व्यापक प्रचार प्रसार करने और हर काम की वीडियो रिकॉर्डिंग करने के निर्देश दिये हैं शुक्रवार को देहरादून में नमामि गंगे अमृत योजना स्वच्छ भारत मिशन और देहरादून स्मार्ट सिटी को लेकर मुख्यमंत्री ने समीक्षा बैठक की उन्होंने सचिवों और विभागाध्यक्षों को निर्देश दिये कि सभी कार्यो का स्थलीय निरीक्षण किया जाए जिससे कार्यों की गुणवत्ता और प्रगति की पूरी जानकारी मिले मुख्यमंत्री ने कहा कि नमामि गंगे के तहत जो वृक्षारोपण किये जा रहे हैं उनमें फलदार वृक्ष और मेडिसनल प्लांट अधिक लगाये जाएं स्वच्छता अभियान में अच्छा कार्य करने वाली पालिकाओं को सम्मानित भी किया जाए उन्होंने कहा कि देहरादून स्मार्ट सिटी के तहत ऐसी कार्य योजना बनाई जानी चाहिए जिससे देहरादून को अत्याध्निक सुविधाओं से युक्त शहर बनाया जा सके बैठक में जानकारी दी गई कि अमृत योजना के अन्तर्गत शामिल प्रदेश के सात शहरो देहरादून हरिद्वार हल्द्वानी रूड़की रूद्रपुर काशीपुर और नैनीताल में काम तेजी से किया जा रहा है शौचालय निर्मोण शत प्रतिशत किया जा चुका है

स्लग मौसम प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में आज मौसम साफ रहा कुछ जगह आंशिक बादल छाये रहे हालांकि शीतलहर जारी है बर्फ के कारण कई गांवों का संपर्क जिला मुख्यालयों से कटा हुआ है इन गांवों में बिजली और पानी की आपूर्ति बाधित होने की भी सूचना है वहीं कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग और गांवों को जोड़ने वाले मोटरमार्ग बर्फबारी के कारण अवरुद्ध हैं मौसम खुलने के साथ ही इन सड़कों को खोलने का काम तेजी से किया जा रहा है

स्लग विंटर गेम्स मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा कि राज्य सरकार फरवरी या मार्च में विन्टर गेम्स कराने के लिए तैयार है उन्होंने कहा कि इस साल बर्फ पर्याप्त मात्रा में है और कृत्रिम बर्फ तैयार करने के लिए आवश्यक उपकरण उपलब्ध हैं मुख्यमंत्री ने बताया कि उन्होंने नई दिल्ली में खेल मंत्री राज्यवर्द्धन सिंह राठौर से विन्टर गेम्स कराने के सम्बंध में चर्चा की इसके लिए ओलंपिक संघ ने एक सब कमेटी बनाई है वहीं मुख्यमंत्री से देहरादून में विंटर गेम एसोसिएशन ऑफ उत्तराखण्ड के प्रतिनिधमंडल ने मुलाकात की इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में विंटर्स गेम्स की बहुत अधिक संभावनाएं हैं उन्होंने कहा कि नीति वैली में भी स्कीइंग आदि के लिए बहुत अच्छी लोकेशन्स हैं